लोकसभा चुनाव कार्यशाला प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी देवेश कुमार ने लोगों से क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर लोकसभा चुनाव का विरोध न करने का आग्रह किया है आकाशवाणी केन्द्र शिमला में आज आकाशवाणी संवाददाताओं की राज्य स्तरीय कार्यशाला में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में वोट डालना प्रत्येक नागरिक का अधिकार होने के साथ साथ दायित्व भी है देवेश कुमार ने कहा कि वोट न डालने का ऐलान करना समस्या का हल नहीं है और लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी को भाग लेना चाहिए

इससे पहले आकाशवाणी शिमला में क्षेत्रीय समाचार प्रमुख संजीव सुन्द्रियाल ने मुख्य चुनाव अधिकारी का स्वागत किया दूरदर्शन केन्द्र शिमला की समाचार प्रमुख नंदिनी मित्तल ने भी आकाशवाणी संवाददाताओं को चुनाव रिपोर्टिंग संबंधी ज़रूरी टिप्स दिए पीटीआई के राज्य ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र जोशी और प्रदेश भर से आए आकाशवाणी संवादाताओं ने कार्यशाला में भाग लिया तथा चुनाव रिपोर्टिंग को लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी से जानकारी हासिल की रामलाल ठाकुर विधायक रामलाल ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे जानकारी के मुताबिक पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की आज नई दिल्ली में हुई बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी है पार्टी महासचिव नरेश चौहान ने इस बात की पुष्टि की है रामलाल ठाकुर इससे पहले भी दो बार इसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था मुख्य सचिव मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने कहा है कि स्वच्छता के लिए सभी शहरी निकायों में गठित वॉर्ड कमेटियों की नियमित बैठकें आयोजित की जाएं और इन कमेटियों के माध्यम से ठोस व तरल कूड़ा अलग अलग करने के बारे में जागरूक किया जाए मुख्य सचिव आज धर्मशाला में ठोस कूड़ा कचरा प्रबंधन को लेकर शहरी निकायों और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे इस बैठक में शहरी निकायों में ठोस कूड़ा कचरा प्रबंधन को लेकर उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई जयराम भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि आज देश को एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता है और ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं मुख्यमंत्री आज पंजाब के आंनदपुर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी प्रेम सिंह चंदूमाजरा के पक्ष में कुराली में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि गत पांच वर्षों में देश में सामाजिक व आर्थिक उत्थान की दिशा में जो कार्य किए गए उनसे न केवल नए भारत का निर्माण हुआ बल्कि विश्वभर में देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है शांताकुमार भाजपा के वरिष्ठ नेता व सांसद शांता कुमार ने कहा है कि पंडित सुखराम और उनके पौत्र आश्रय शर्मा के कांग्रेस में शामिल होने से मंत्री अनिल शर्मा को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा धर्मशाला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पंडित सुखराम ने हिमाचल की छवि को खराब किया है और टिकट की खातिर वे हर कभी दल बदल लेते हैं उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं की इस नीति से देश को भी नुकसान हुआ है और लोगों का राजनेताओं पर विश्वास घटा है मंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश भारद्वाज और राजीव सहजल ने कहा है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जनता से वोट मांगने से पहले ये स्पष्ट करे कि वह देश की सेना के साथ खड़ी है या फिर अलगाववादियों के साथ

इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस मंडी संसदीय क्षेत्र में चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है उन्होंने कांग्रेस पर देश की सेनाओं का अपमान करने का आरोप भी लगाया कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि वास्तव में धूमल अपनी ही पार्टी में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं उन्होंने भाजपा नेता को सलाह दी कि वे अब पार्टी के अन्य बुजुर्ग नेताओं की तरह शांति से बैठ जाए दूसरी ओर पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार पर सेवानिवृत लोगों को विस्तार देकर प्रदेश के बेरोजगारों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है

भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी महामंत्री चंद्रमोहन ठाक्र ने की और कार्यकर्ताओं में जोश भरा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने ऊना में आयोजित स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर के गुआरडू में आयोजित स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता की नवरात्र चैत्र नवरात्रे आज से शुरू हो गए हैं और हिंदू नववर्ष भी आरंभ हो गया है प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है आज पहले नवरात्र पर मां दुर्गा के शैल पुत्री स्वरूप की प्रजा की गई मां दुर्गा के प्रसिद्ध शक्तिपीठों चामुंडा देवी बजेश्वरी देवी ज्वाला जी चिंतपूर्णी त्रिलोकपूर और नयना देवी सहित प्रदेश के अन्य देवी मंदिरों में नवरात्र पर्व के पहले दिन आज श्रद्दालुओं की भारी भीड़ उमड़ी

सोलन स्थित मां शूलीनी मंदिर में भी आज श्रद्वालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और लम्बी लम्बी कतारों में खड़े होकर देवी के दर्शन किए और मन्नते मांगी इस बीच राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को नवरात्रे और हिन्दु नववर्ष की बधाई दी है मौसम प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है लाहौल स्पीति और पांगी भरमौर की उंची पहाड़ियों पर आज दोपहर बाद से रूक रूक कर हल्का हिमपात हो रहा है जबकि लाहौल घाटी के निचले इलाकों में सर्दियों की बर्फबारी के बाद आज पहली बार हल्की ब्रंदाबांदी हुई मौसम में ताजा बदलाव से घाटी में फिर से शीतलहर बढ़ गई है कुल्लू और चंबा में भी आज तेज हवाओं के साथ वर्षा हुई जबकि राज्य के कई अन्य स्थानों पर हल्के बादल छाए रहे

इस दौरान उंची चोटियों पर हिमपात की भी संभावना है पवन काजल कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार पवन काजल ने कहा है कि चुनाव में जन सर्मथन जुटाने के लिए भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है काजल ने आज कांगड़ा के मटौर में चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से आए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वह कल रविवार से अपना चुनाव प्रचार अभियान विधिवत तौर पर बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र से आरंभ करेंगे